रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनो सेना प्रमुखो सहित उच्चाधिकारियों की बुलाई बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से करेंगे संवाद

भारतीय सेना ने सीमा चौकियों पर पाकिस्तान द्वारा की गई अकारण गोलाबारी का माकूल जवाब दिया है सरहदी क्षेत्रों में वायू सेना के विमान लगातार चौकसी कर रहे है इधर भारत ने पाकिस्तानी वायू सेना की ओर से भारतीय सेना चौकियों को निशाना बनाकर भारत की वायु सीमा में अतिक्रमण करने की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर यह विरोध दर्ज कराया पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बताया गया कि भारत को किसी भी आक्रमण या सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाई के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्प्रभुता और भौगोलिक एकता के सरंक्षण के लिए कोई भी कठोर और निर्णायक कदम लेने का अधिकार है भारत ने कहा कि यह द्र्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों तथा आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियोंके खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करने की अपनी वचनबद्धता को निभाने की बजाय आक्रमण की कार्रवाईकी भारत ने मांग की है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक कार्रवाई करे

एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारतीय सुरक्षाकर्मी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए भारत ने घायल रक्षा कर्मी को भद्दे तरीके से प्रदर्शित किए जाने पर कड़ी आपत्ति की है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा जिनेवा संधि का उल्लंघन है

भारत के समर्थन में अमरीका ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसुद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है

बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखो सहित रक्षा मामलो से जुडे उच्चाधिकारी भाग ले रहे है इधर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने सीमा पर उत्पन्न वर्तमान स्थिति के मददेनजर प्रदेश में विशेष सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सेना और बीएसएफ के साथ लगातार सम्पर्क में रहे सरकार ने सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं साथ ही सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की छट्टियां भी रदद कर दी गयी हैं पश्चिमी सरहद पर सीमा सुरक्षा बल और सेना भी अलर्ट हैं सीमा के आस पास आम नागरिकों की आवाजाही रोक दी गयी है मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के सुवस्थित संचालन के लिए बाड़मेर जिले के सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है

पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कल हवाई अड्डा और वायुसेना स्टेशन को घेरे में लेकर उसकी तरफ जाने वाली रोड पर हथियारबंद जवान तैनात किए

इसका आयोजन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है राजस्थान भी इसमें शामिल है पार्टी ने दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय विधि राज्यमंत्री पी पी चौधरी ने कहा कि मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि वे आमजन से जुडी सरकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति पर पहुंचाने का काम संजीदगी से करें

श्री गहलोत ने वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ये पत्र लिखा है